आज हमीरपुर जिले में दो जबकि कांगड़ा जिले में एक व्यक्ति में कोरोना संकमण की पुष्टि हुई है हमीरपुर जिले में पाँजिटिव पाए गए दोनों व्यक्ति भोरंज क्षेत्र से हैं और ये लोग दिल्ली और मुंबई से वापिस लौटे हैं इसी तरह कांगड़ा जिले में पालमपुर क्षेत्र के एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं जो दिल्ली से वापिस लौटा है

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि मंत्रिमंडलीय उपसभिति नगर व ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में लाए गए गाँवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है शिमला के कुफरी में एक बैठक में उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत पूर्व में निर्मित भवनों को निरंतर सुविधा मिले इसके लिए लोगों से विचार विमर्श कर आवेदन और सुझाव मांगे जा रहे हैं इस बीच सुरेश भारद्वाज ने भेखलटी में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया उन्होंने कोरोना संकट में अस्पतालों में रक्त की कमी दूर करने के लिए शिविर को महत्वपूर्ण बताया शिविर में करीब सौ यूनिट रक्त एकत्रित किया गया सरवीण चौधरी केंद्र सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शिमला में बताया कि ये कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में सीखने के ै अवसरों के साथ नए स्नातकों को एक उचित मंच प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कार्यक्रम एक बड़ा कदम है जिससे युवाओं को काफी लाभ मिल सकेगा उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रो में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उददेश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना भी शुरू की है दिशा निर्देश राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों शॉपिंग मॉल रेस्तरां होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए चार जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल रेस्तरां या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों कामगारों या मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा इनमें कम से कम छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवरे या मास्क पहनना शामिल है खांसते या छींकते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी इस बीच प्रदेश में होटल और रैस्तरां खोलने के लिए सरकार जल्द गाईडलाइन्स जारी करेगीं राज्य सचिवालय में पर्यटन सचिव देवेश कुमार ने अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की हालांकि प्रदेश के निजी होटल मालिकों व संगठनों ने अभी होटल नहीं खोलने की मांग की है इधर ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट कल नहीं खूलेंगें

इनमें अब तक करीब साढ़े पांच हजार लोग पंजीकृत किए गए हैं

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार क्वारंटीन किए गए लोगों के रहने की उचित व्यवस्था है और गुणवत्तायुक्त व पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से लौटे लोगों से उनकी यात्रा का पूरा ब्योरा देने का समय समय पर आग्रह किया जा रहा है सरकार ने आईसोलेशन के लिए प्रदेश में लगभग एक हजार बैड की व्यवस्था भी की है

ये दिवस खाद्य सुरक्षा मानव स्वास्थ्य आर्थिक समृद्धि कृषि बाज़ार पहुंच पर्यटन और सतत विकास में योगदान की ओर ध्यान ँकरने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस मौके पर केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि शुद्ध पौष्टिक और मिलावट रहित भोजन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है उन्होंने कहा कि स्रक्षित खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी का सतर्क और जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है रोहित ठाकुर कांग्रेस नेता व जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने सेब सीजन निपटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नेपाल से श्रमिकों को लाने के निर्णय का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने सरकार से समय रहते केंद्र के सहयोग से इस मामले को उठाकर इस निर्णय को अमलीजामा पहनाने का आग्रह किया है रोहित ठाकुर ने कहा कि सेब सीजन को महज डेढ माह का समय शेष है ऐसे में समय रहते बागवानों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए आदेश हमीरपुर में दो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शहर के वार्ड नम्बर एक का कुछ क्षेत्र और नादौन उपमंडल की दो पंचायतों के चार वार्ड कन्टेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि इन क्षेत्रों में कफर्थ में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है इन क्षेत्रों में अगले आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा